हर्षवर्धन कोविड केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ कल वर्चअल माध्यम से विचार विमर्श किया डॉ हर्षवर्धन ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि आगामी सर्दी और त्योहारों के महीनों में विशेष से सतर्क रूप रहें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये नागरिकों को कोविड से बचाव के उपायों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिये और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता जताई

भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा और सपा के वरिष्ठ नेता जनसभाओं और जनंसपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल खंडवा जिले के मोहना में उपचुनाव वाली राज्य की सभी सीटों पर जीत का दावा किया इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है वहीं केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ छिन्दवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गये थे श्री कुलस्ते कल भांडेर विधानसभा के पारासरी में बूथ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना जिले के अंबाह में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कल आगर में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेडे के समर्थन में जनसंपर्क किया इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसा विजन चाहिए

छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बड़ामलहरा और बक्सवाहा में कल नुक्कड़ नाटक और रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया

रायसेन जिले के सांची उपच्चनाव में भी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं खंडवा जिले के मांधाता में ईवीएम और वीवीपेट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है

प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितम्बर महीने के दूसरे पखवाड़े से राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्व तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे सरकार ने पिछले महीने बाजारों में प्याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एक तरफ जहां कीमतें क्छ सीमा तक कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे प्याज उत्पादक प्रमुख राज्यों भारी वर्षा से प्याज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने से भी कीमतों पर असर पड़ा है

यह इस सीजन का सबसे छोटा स्कोर है

आज दुबई में राजस्थोन रॉयल्सय का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा

इस मामले में पिछले कई दिनों से शिकायते मिल रही थी

चेकिंग के दौरान यह कार्यवाही की गई

इस मामले में पांच लोगों को गिरफ़तार किया गया है

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार